मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चौनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ग्रजरात में तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वीडियो कांफ्रेंसिंग से उद्घाटन किया उन्होंने अहमदाबाद में सिविल अस्पताल परिसर में देश के सबसे बडे हृदय रोग चिकित्सा संस्थान यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एण्ड रिसर्च सेंटर का उदघाटन किया श्री मोदी ने कहा कि किसान सूर्योदय योजना से किसानों के जीवन में खुशहाली आयेगी उन्होंने कहा कि यह परियोजना शुरूआती तौर पर गिर सोमनाथ पाटन और दाहोद जिलों में लागू की जा रही है

शहडोल में छह नये मामले सामने आये हैं जिले में एक्टिव प्रकरणों में तेजी से कमी आ रही है

होशंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं

बडवानी में चार मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे

जन आंदोलन कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किये गये जन आंदोलन को व्यापक समर्थन मिल रहा है और समाज में जागरूकता के लिए प्रयास तेज हो गये है

भाजपा कांग्रेस के साथ ही बसपा और सपा के नेता मतदाताओं को लुभाने के प्रयास में लगे हुए हैं वहीं निर्दलीय उम्मीद्वार भी जोर आजमाइश कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज मुरैना जिले के अम्बाह में पार्टी प्रत्याशी कमलेश जाटव के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया उधर पुर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुरैना और खण्डवा जिले के मांधाता विधानसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने सुमावली विधानसभा क्षेत्र में प्रचार की कमान संभाली तो वहीं ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने अखिल भारतीय गहोई वैश्य महासम्मेलन को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की

पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सिंधिया समर्थक इमरती देवी के ताजा बयान पर च्टकी लेते हुए भाजपा को नसीहत दी है

आगर मालवा में जिला प्रशासन द्वारा जनपद पंचायत परिसर में मतदाताओं को जागरुक करने के लिए सेल्फी पाइण्ट बनाया गया है

निजी वनीकरण वनमंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा है कि प्रदेश के बिगड़े वनक्षेत्रों को तेजी से सुधार करने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा निजी निवेश को जिम्मेदारी सौंपने की अभिनव पहल की गई है

महाष्टमी नौ दिनों से चल रहे शक्ति की आराधना के पर्व नवरात्रि का आज आठवां दिन महाअष्टमी का पर्व प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाअष्टमी पर लोगों को बधाई देते हए उनकी खुशहाली की कामना की हैं कोरोना से बचाव के निर्देशों का पालन करते हुए लोग मंदिरों और झॉकी स्थलों पर विशेष हवन पूजन कर रहे हैं उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि महाअष्टमी पर होने वाली शासकीय पूजा विधि विधान के साथ की गई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

इस अवसर पर सभी शासकीय कार्यालयों में राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई जायेगी